कोविड महामारी से देश एक साथ लड़ रहा है आप भी हमारे साथ स्रक्षा और बचाव के तीन आसान उपायों का संकल्प लें मास्क पहनें दो गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और मुंह साफ रखें गहमंत्री चमोली आपदा केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस बात का आश्वासन दिया है कि चमोली जिले में बर्फीली चट्टाने खिसकने से उत्पन्न आपदा से निपटने के लिए बचाव और सामान्य स्थिति कायम करने के लिए सभी उपाय किये जा रहे हैं राज्यसभा में आज एक बयान में उन्होंने कहा कि बाढ़ से निचले इलाकों में किसी तरह का खतरा नहीं है गृहमंत्री शाह ने बताया कि हिमस्खलन की द्र्घटना समुद्र तल से पांच हजार छह सौ मीटर की ऊंचाई पर हई

उन्होंने कहा कि इन लोगों के लिए खाद्य पदार्थ और चिकित्सा सामग्री हेलीकॉप्टरों से पहंचाई जा रही है

राज्यसभा के सदस्यों ने इस त्रासदी में जान गंवाने वाले लोगों की स्मृति में एक मिनट मौन खड़े होकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की सीएम दौरा मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आपदा प्रभावित क्षेत्र के सीमांत गांव रैणी जाकर स्थिति का जायजा लिया मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों से मुलाकात की कर उनकी समस्याओं की जानकारी ली उन्होंने ग्रामीणों को हर सम्भव सहायता के प्रति आश्वस्त किया उन्होंने चमोली की जिलाधिकारी को निर्देश दिये कि सड़क संपर्क से कट गये गांवों में आवश्यक वस्त्ओं की कमी न रहे इससे पहले मुख्यमंत्री ने आईटीबीपी हास्पिटल जोशीमठ पहुंचकर आपदा में घायलों का हालचाल जाना इस दौरान सीएम ने घायलों से बातचीत करते हए उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की

उत्तराखंड के राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के कार्यकारी निदेशक पीयूष रौतेला ने आकाशवाणी से बातचीत में राहत और बचाव कार्यों के बारे में विस्तार से जानकारी दी

उन्होंने कहा कि यदि प्रभावित ग्रामीण चाहेंगे तो उन्हें एनटीपीसी में काम दिया जायेगा इसके अतिरिक्त सीएसआर के तहत भी पीड़ितों की मदद की जायेगी उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में हए न्कसान के कारणों की इसरो की इमेजेज के आधार पर एनटीपीसी टीएचडीसी और एसजेवीएनएल के पदाधिकारी अध्ययन करेंगे इनकी एक टीम पैदल भी क्षेत्र को भ्रमण के लिए जायेगी आपदाग्रस्त क्षेत्र से लौटने के बाद जौलीग्रान्ट एयरपोर्ट पर मीडिया से अनौपचारिक बातचीत में केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री ने बताया कि ऐसी आपदाओं की पूर्व जानकारी के लिए जिन हिल स्टेट में एनटीपीसी आदि के पावर प्रोजेक्ट हैं वहां पर प्रोजेक्ट के साथ ही स्थानीय लोगों के व्यापक हित में अर्ली वॉर्निंग सिस्टम प्रणाली उपलब्ध करायी जायेगी इससे पर्वतीय क्षेत्रों में भारी हिमपात के कारण उत्पन्न हिमस्खलन जैसी घटनाओं की पहले ही जानकारी उपलब्ध हो सकेगी

बीआरओ के चीफ इंजीनियर ए एस राठौड़ ने बताया कि बीआरओ के जवानों दवारा युदध स्तर पर काम किया जा रहा है दिन रात वैकल्पिक मार्ग बनाने का काम जारी है उन्होंने कहा कि वैकल्पिक मार्ग जल्द बनकर तैयार हो जाएगा

राज्यपाल ने राहत और बचाव कार्यो के लिए रेडक्रास को अनुदान दिया

उन्होंने कहा कि आज के तकनीक के युग में स्मार्ट क्लासेज की महत्ता तेजी से बढ़ रही है स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट से जिन तीन विद्यालयों का लोकार्पण किया गया है इनमें बच्चों को अत्याधुनिक सुविधाएं मिलेंगी उन्होंने कहा कि इन स्कूलों में स्मार्ट लैब और वर्च्अल क्लास के साथ ही शिक्षा के लिए अनेक नई तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है इन स्कूलों में एक दूसरे से कनेक्ट करने की स्विधा भी उपलब्ध है पीएमजीएसवाई शिलान्यास अल्मोड़ा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत पपरसैली बाल्टा बिंटोला मोटरमार्ग का शिलान्यास किया गया

यहां के लोग लंबे समय से सड़क की मांग कर रहे थे क्योंकि स्थानीय लोगों का मुख्य व्यवसाय सब्जी उत्पादन है सड़क बनने से ग्रामीणों को बाजार तक अपने उत्पाद पहुंचाने में आसानी होगी